भिवानी में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सिचव अशंज सिंह ने निर्देश दिये है कि बोर्ड के स्तर पर छात्रों के परीक्षा परिणाम निकालने में देरी न हो यदि किसी छात्र का नतीजा उसके स्कूल की बजह से रूका हुआ है तो सम्बधित स्कूल को नोटिस जारी कर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें श्री सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों और आउट सोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मचारियों की भी बायोमीट्रिक हाजिरी स्निश्चित करने को कहा है बोर्ड सचिव ने निर्देशदिये कि चत्र्थ कर्मचारी निर्धारित वर्दी में डयूटी पर आये और उन्होंने बोर्ड परिसर में स्रक्षा के मद्देनजर जरूरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर भी निर्देश दिये भिवानी में प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक में हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अशंज सिंह ने ओपन स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के नकल रहित आयोजन करने को लेकर निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षा केन्द्र में बाहर की फलाईग स्वंवैड नकल का केस बनाती है तो सम्बधित केन्द्र के पर्यवेक्षक व केन्द्र अधीक्षक की जवाबदेही मानी जायेगी

परीक्षा का समय दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा

लोगों को सम्बोधित करते हए श्री ग्र्जर ने कहा कि इनके पूरा होने से पूर्वाचल में लोग अपना त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी प्रदेश सरकार के कार्यकाल मे सबसे अधिक सड़कों के स्धारीकरण चौड़ा करने व मजबूत बनाने का कार्य ह्आ है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के केन्द्र दामला के वैज्ञानिकों की टीम ने आज धान की फसल में कीड़े व बीमारियों को जानने के लिए यम्नानगर जिले में रादौरा खंड के कई गांवों का दौरा का फसल का निरीक्षण किया इस टीम ने दामला धौडंग अलाहरकांजनूकांजनू जयप्र करतारप्र बकाना चमरौड़ी पालेवाला बारहेड़ी आदि गांवों का दौरा किया टीम को अंगमारी झूलसा शीथ बलाहट रोग या हायर कीड़े का प्रकोप मिला है और उन्होंने किसानों से अपीली की है कि वे अपनी फसलों में अंधाधंध दवाईयां का प्रयोग न करें श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व आज प्रे देश मे श्रद्वा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण की पूजा करने लोग मंदिरो में बड़ी संख्या में पहंच रहे है उत्तरप्रदेश के मथ्रा और वंदावन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी ध्मधाम से मनाया जा रहा है ग्जरात और महाराष्ट्र में दही हांडी के रूप में मटके फोड़ने का प्रतीकत्मक खेल खेलकर ये त्यौहार मनाया जा रहा है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लोगों को श्भकामनाएं दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि श्रीकृष्ण का जीवन व संदेश निस्काम करने का है जो वैश्विक है अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की बधाई है और कहा कि वे श्री कृष्ण की तरह कर्मशील बने

विशेषकर बरसात के मौसम में पानी का पंश झेलने वालों को भी राहत मिलेगी इस ट्रीटमेंट प्लांट से व्यर्थ पानी को इकट्टा कर उसका सिंचाई किंचन गार्डनिंग आदि में प्रयोग हो सकता है हरियाणा के म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने सोनीपत में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की पालना के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज श्री जैन ने श्रीठाक्र दवारा पंचायती मंदिर में श्रद्वाल्ओं के साथ पूजा अर्चना की और कहा कि श्री कृष्ण ने गीता जान के माध्यम से मानव को कर्म के लिए प्रेरित किया है क्योंकि फल की चिंता करने से कर्म प्रभावित होता है यम्नानगर में आज जन्माष्टमी पर्व श्रद्वा एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है यहां के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है श्रद्वाल् व्रत रखकर मंदिरों में पूर्जा अर्चना कर रहे है राधा कृष्ण मंदिर जगाधरी सरस्वती धाम प्राचीन कृष्ण मंदिर जगाधरी आदि बद्गी नाथ और रादौर के मंदिरों में लोग विशेष रूप से दर्शन के लिए जा रहे है केन्द्र सरकार की आय्ष्मान भारत योजना के अंतर्गत करनाल जिले की नवजात बच्ची करिश्मा इस योजना की पहली लाभार्थी कन्या बनी है इसके तहत नौ हजार रूपये का भ्गतान कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल को कर दिया गया है

उसे रल बेबी यानि आयुष्मान भारत बेबी भी कहा जा रहा है यहां तीन और लाभर्थियों को आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत जल्द ही भ्गतान किया जायेगा वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा है कि ग्रूग्राम की खेड़कदौला में पूर्व म्ख्मयंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा पर दर्ज एफआईआर में सरकार का कोई हाथ नहीं है आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पूर्व म्ख्यमंत्री और अन्य कोई आरोपी बेकसूर है तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जांच के बाद ही उन पर कार्यवाही की जायेगी हरियाणा के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने भाजपा सांसद राजक्मार सैनी की गठित नई पार्टी के बारे में कहा है कि उनके राजनीतिक जीवन को देखते हए श्रीसैनी की किसी भी पार्टी में ढाई साल से ज्यादा का टिकान नहीं रहता है श्री बेदी आज सिरसा में लोग सम्पर्क एवं शिकायत निवारण कमेटी की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत से बात कर रहे थे

स्वास्थ्य विभाग पंचकूला द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लेकर और त्यौहारों में नकली खादय पदार्थ बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया है